उन्होंने आज जयपूर में जीएसटी को लेकर व्यापार और उद्योग जगत के विभिन्न संगठनों की समस्याए और सुझाव सुने तथा भरोसा दिलाया कि सभी वाजिब सुझावों पर विचार किया जायेगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वेसुंधरा राजे उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेष शर्मा भी उपस्थित थे

कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा में श्री गोयल ने कहा कि सरकार कंपनी लॉ के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए उसमें जरूरी बदलाव करेगी

संस्थान की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर नई दिल्लीमें आयोजित समारोह में श्री कोविन्द ने कहा कि वित्तीय जानकारी होने से महिलाएं समाजमें बदलाव ला सकती हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने कारोबार को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं राष्ट्रपति ने कहा कि संस्थान देश के युवाओं के कौशल विकास के लिए भीकाम कर सकता है

श्री नायडू ने इंडियन पेट्रोलियम संस्थान में आयोजित इक्फाई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए आज कहा कि सर्वधर्म समभाव तथा सबका साथ सबका विकास की भावना ही सच्ची देशभक्ति है उन्होंने कहा कि माता जन्मभूमि मातभाषा तथा गुरू का सदैव सम्मान करें उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा को रोचक करने के साथ ही नए ज्ञान तथा तकनीक के अनुरूप बनाना होगा उन्होंने कहा हमारे विश्वविद्यालय विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में अपना स्थान नहीं बना सके हैं इसे हमें एक बडी चुनौती के तौर पर लेना चाहिए

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और राजस्थान विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश के एस झवेरी ने आज जयपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आज उदघाटन किया

उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण कराने पर प्रार्थी को फीस भी वापस मिल जाती है इस मौके पर न्यायमूर्ति झवेरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटारे से अनावश्यक मुकदमेबाजी समाप्त होगी

कोटपूतली के दातिल गांव में मूर्ति अनावरण के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने गांवों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं और अब गांवों का पैसा सीधे गांवो में भेजा जा रहा है कर्नल राठौड ने कहा कि गांवों के विकास के लिए हर साल बजट भी बढाया जा रहा है उज्ज्वला योजना का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि देष में इस योजना के तहत चार करोड नए गैस कनेक्षन दिए गए जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है

मुख्यमंत्री ने संवेदना संदेश में कहा कि दोनों की शहादत से उनके परिवार के साथ ही पूरे प्रदेश और देश का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है

पुलिस मुख्यालय में संयुक्त निदेशक जनसम्पर्क गोविंद नारायण पारीक ने बताया कि दोनों पारियों की परीक्षा शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई

बाड़मेर जिले की भीलड़ी गांव में कार पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी